प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करेगी श्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित दीन दयाल हस्तकला सकुल में पार्टी कार्यकताओं को संबोधित कर रहे थे बाइट हम इतने सालों से सत्ता में आए हैं

जो लोग अपने आप को एकता का ठेकेदार बताते हैं उन्होंने सिर्फ आंध का विभाजन किया आज भी वहां पर शांति का माहौल नही बन पाया है तेलंगाना और आंधा में और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं हम उत्तर प्रदेश में से उतराखंड बना दे दिलों में आग नही लगने देते हम बिहार में से झारखंड बना दें दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं हम मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना दें प्यार में कोई कमी नही आने देते हैं क्योंकि सबका साथ सबका विश्वास ये मंत्र हमारी रगों में हैं हमारे जहन में है प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शिता और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है

जो परसेप्शन को तबाह करने के लिए लाख कोशिश करने वालो को भी गंदा और बुरा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करने वालो के लिए भी उसको पास करके आगे बढ़ने की ताकत होती है और वो है पारदर्शिता और परिश्रम

उसको परास्त करने का सामर्थ्य रखती हैं और आज हिन्दुस्तान ने उसको स्वीकार किया है उसने करके दिखाया है आज और इसलिये हमारे लिए भी पारदर्शिता और परिश्रम का कोई अल्टर्नेट नही है नरन्द्र मोदी ने अपने प्रति स्नेह और विश्वास जाहिर करने क लिये नगरवासियों को धन्यवाद ज्ञापित किया उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है लेकिन वे काशी के लोगों के लिए एक साधारण कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि वाराणसी में पार्टी का हर कार्यकर्ता नरेन्द्र मोदी बना और सफलतापूर्वक चुनाव प्रचार किया बाइट कभी कभी तो हम जाकर के सिर्फ देखते थें वहा कैसा चल रहा है

जनता जनार्दन का उत्साह था कोई कारण नही था यहां तो मुझे ऐसे ही उतर करके बाबा के चरणों में जाना था और फिर आप सबके माध्यम से काशी का और उत्तर प्रदेश का अभिनंदन करना था लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर लोग अपना आशिर्वाद दे रहे थे

आज मैं भले ही काशी से बोल रहा हूं लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश अनेक अनेक अभिनंदन का अधिकारी है श्री मोदी ने कहा कि देश विकास और आर्थिक वृद्धि के पथ पर अग्रसर है और हाल के वर्षों में इसमें तेजी आई है उन्होंने दोहराया कि भाजपा लोकतंत्र के मूल्यों को बनाये रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है बाइट भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र धरती से पुनर्विचार करने के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं बहुत हो चुका नये सिरे से सोचना शुरू करो कमियां हम में भी होगी

आज हिन्दुस्तान के राजनीतिक तख्त पर ईमानदारी से रग रग में लोकतंत्र को लेकर के जीने वाला जो दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी है हम शासन में आते हैं तब भी हम सबसे ज्यादा लोकतंत्र की परवाह करने वाले लोग होते हैं प्रधानमंत्री ने पार्टी और सरकार के बीच पूरे तालमेल का जिक्र करते हुए कहा कि काम और कार्यकर्ता आश्चर्यजनक नतीजे दे सकते हैं

इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का जोर उत्तर प्रदेश के विकास पर है मित्रों इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पचास प्रतिशत मत प्राप्त करके फिर से एक बार उत्तर प्रेदश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है वो सिद्ध करने में सफल हुए और मैं मानता हूं कि मोदी जी का जो विजन है मोदी जी का जो रास्ता है पांच ही साल के अंदर देश के सबसे विकसित राज्यों की सूची में शुमार हो जायेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री का अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचने पर काशीवासियों ने जोरदार अभिनन्दन किया

बाबा विश्वनाथ का आर्शीवाद लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ तक के छह किलोमीटर लंबे रास्ते से होकर के गूजरे और काशीवासियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनमें अपना भरोसा दोबारा जाहिर किया है चिलचिलाती ध्रप के बावजूद प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए रास्ते में भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी

भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा कर अपने नेता का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काशी के स्वागत के अंदाज से भाव विभोर नजर आए सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार वाराणसी

शुक्रवार को नये मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में पहले संसदीय सत्र की तारीख के बारे में फैसला किया जा सकता है

राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को नरेन्द्र मोदी और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में शाम सात बजे एक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे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

सर्वोच्च न्यायालय ने घोसी संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है राय पर वाराणसी की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अवकाश पोठ ने यह फैसला सुनाया पहली मई को राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कॉलेज की एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि राय ने अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया अमेठी जिले के बरोलिया गांव के प्रधान और भाजपा के स्थानीय नेता सुरेन्द्र सिंह की हत्या के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आज लखनऊ में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले के दो संदिग्ध अब भी फरार हैं जिनकी पुलिस सक्रियता से तलाश कर रही है उन्होंने कहा कि इस हत्या का कारण स्थानीय स्तर पर राजनैतिक रंजिश है शनिवार देर रात सुरेन्द्र सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इस हत्याकांड का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को हत्यारों को बारह घंटे के अन्दर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था अमेठी की नवनिर्वाचित सांसद स्मृति ईरानी कल गांव प्रधान श्री सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उनके परिजनों से संवेदनाएं व्यक्त की थी स्वर्गीय सिंह श्रीमती ईरानी के करीबी लोगों में शुमार होते थे

पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में पंडित नेहरू को उनके स्मारक शांतिवन में श्रद्धांजलि अर्पित को

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पंडित नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि नेहरू जी को आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान के लिए हमेशा याद रखा जायेगा रामपुर जिले में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई यह हादसा आज मिलक थाना इलाक में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित लोहा पट्टी गांव के पास उस समय हुआ जब एक तेज रफ़्तार कार ने बाईक पर सवार तीन लोगों को कुचल दिया जिनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे